विधायक अनिल विज और कंवर पाल ने श्री मनोहर लाल के नाम का प्रस्ताव किया जिसका अन्य विधायकों ने समर्थन किया

आज का दिन नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है

दीपावली के सिलसिले में प्रदेश में जगह जगह दीपदान के कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं नागौर जिले के मूण्डवा में लाखोलाव तालाब पर आज दस हजार दीपों से रोशनी की जायेगी इससे पहले वहॉ नगरपालिका की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया उधर बाड़मेर में आज दीपोत्सव पर सीमा सुरक्षा बल सैक्टर मुख्यालय में दिवाली मेले का आयोजन किया गया

वहीं केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने आज जैसलमेर जिले में रायथनवाला सीमा चौकी का दौरा कर जवानों को दीपावली की शुभकामनायें दी उन्होने चौकी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का मुंह मीठा कराया श्री चौधरी ने देश की रक्षा के लिये तत्पर रहने के लिये जवानों की प्रशंसा की इधर जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें दीपावली की बधाई और शुभकामना दी इस बार प्रदेश में अच्छी बारिश के कारण किसानों के चेहरों पर खुशी है मरूस्थलीय जिले बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि भरपूर बारिश के कारण जिले के किसानों को अच्छी आय हुई है इसीलिये ग्रामीण इलाकों में इस बार दीवाली के लिये विशेष उत्साह है

उन्होने आज ट्वीट किया कि पटाखों वाली दीवाली से प्रदूषण बढ जाता है इसीलिये उनके आग्रह पर केन्द्रीय संस्थाओं ने ग्रीन पटाखे तैयार किये हैं

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की पिछली कड़ी में राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में देशवासियों से दीपावली का त्यौहार सुरक्षित तरीके से मनाने का आग्रह किया था

जाहिद के परिजनों ने पन्द्रह लाख रूपये मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग करते हुये शव लेने से इन्कार कर दिया इसके बाद शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है दूसरी ओर इसी हमले में मारे गये अलवर जिले के किशनगढबास क्षेत्र के खोहाबास निवासी ट्रक चालक इलियास खान के शव को भी परिजनों ने लेने से इन्कार कर दिया जिसके बाद उसके शव को किशनगढबास के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है दोनों जगह पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मृतकों के परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं इलियास खान और जाहिद खान की कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने गुरूवार रात गोली मार कर हत्या कर दी गई थी दोनों ट्रक से कश्मीर में आर्मी के लिये दूध लेकर गये और वापसी में सेब लेकर लौट रहे थे आतंवादियों ने उनके ट्रक को भी जला दिया इससे पहले भी भरतपूर जिले के एक ट्रक चालक की मौत जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हमले के दौरान हो गई थी

इसके कार्यालय का उद्घाटन आज किया

इसके बाद शहर में महाराजा गंगासिंह चौक पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करने का कार्यक्रम हुआ